राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वरोज़गार के लिए युवाओं के कौशल विकास को बताया ज़रूरी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

उन्होंने कहा कि ये सभाएं ग्रामीण इलाकों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बदलते समय के साथ युवाओं के कौशल विकास पर बल दिया है ताकि बाजार की मांग के अनुरूप उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और एड्स्किलज द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर हम वैश्विक शक्ति बनना चाहते हैं तो युवाओं का कौशल उन्नयन जरूरी है

उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से युवाओं का कौशल विकास करने में मदद मिलेगी वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि राज्य सरकार ने नई पंचायतों का गठन कर लिया है और पंचायत चुनाव में अधिनियम के मुताबिक रोस्टर तय होगा ऊना जिले की मोमनियार पंचायत में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि रोस्टर बनाने में विभाग पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और इसे जल्द जारी किया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंचायतीराज संस्थाओं के चनाव के लिए तैयार है और चुनाव आयोग के आदेश का इंतजार है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को लेकर शिमला में आयोजित किए जाने वाले समारोह के संबंध में अधिकारियों के साथ आज शिमला में एक बैठक की उन्होंने अधिकारियों को समारोह के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह के दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि कोरोना महामारी से स्कूलों व कॉलेजों में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न होने और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द उचित निर्णय लेगी कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद उन्होंने आज शिमला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और लम्बित कार्यों का निपटारा किया उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष मिडल मैरिट मेधावी छात्रवृति योजना के लिए इस वर्ष परीक्षा नहीं ली जाएगी बल्कि चौथी व पांचवीं कक्षा की मैरिट के आधार पर ही छात्रवृति प्रदान की जाएगी

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए तीन नए भंडारण टैंको का निर्माण किया जा रहा है

इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर कोरोना महामारी से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है

कुलदीप राठौर ने कहा कि अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएँ चरमरा गई हैं और आईजीएमसी शिमला व दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है उन्होंने सरकार से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है जीवन धारा प्रदेश के द्रदराज इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से मैडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा मोबाइल स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रो को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

विभागाध्यक्ष डॉक्टर मनीष गुप्ता ने बताया कि कोरोना पॉज़िटिव मामले आने के बाद अगले दो दिन अस्पताल में ओपीडी बंद रहेगी निधन पूर्व भाजपा विधायक चन्द्र सेन ठाकूर का कल शाम उनके पैतुक निवास स्थान दशाल गाँव में निधन हो गया तीन दिन पहले उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वे घर पर ही आइसोलेट थे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकूर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार और भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सहित अन्य नेताओं ने भी चंद्र सेन ठाकुर के निधन पर शोक जताया है

उन्होंने कहा कि इस इंडोर खेल स्टेडियम में बैडमिंटन टैनिस वॉलीबॉल बास्केटबॉल कबड्डी और जिमनास्टिक के साथ साथ जिम हॉल का निर्माण भी किया जाएगा राकेश पठानिया ने कहा कि इसके अलावा व्यवसायिक परिसर बनाया जाएगा और पार्किंग सुविधा भी विकसित की जाएगी